राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उदघाटन किया राष्ट्रपति ने नव निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्टस एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को पहली मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जायेगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खुद वहन करनी होगी देश को खिलौना निर्माण का केन्द्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है

आइये सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्मर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा मिली है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विनिवेश के संबंध में बजट घोषनाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को सम्बोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार मौद्रीकरण और आध्नीकीकरण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है इसके लिए लगातार उपाय किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नियमो के सरलीकरण और अनुकूल वातावरण के कारण देश के प्रति निवेशकों का रूझान बढ़ा है

इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक की बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए बैठक के दौरान सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के संचियों और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की

पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चोरहट गांव में पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच आज मुठभेड़ हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी के एरिया कमांडर महेश जी उर्फ महेश भुइयां के मारे जाने की सूचना है पुलिस और उग्रवादियों के बीच रूक रूक कर फायरिंग हो रही है पलामू के एसपी संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है कई राज्यों में कोरोना के नये रूप में सामने आने के बाद लातेहार जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है दूसरे राज्यों से आनेवाले लोगों की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है साईबर अपराध के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है देवघर जिले के नारायणपुर करोह सारठ और पालोजोरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने तेरह साइबर अपराधियों को गिरफतार किया है

देवघर पुलिस ने जसीडीह मानिकपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मी से लूट की घटना का भी उद्भेदन कर लिया है पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिंह द्वारा गठित एसआइटी ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज से तीन अपराधियों को गिरफतार किया है उनकी निशानदेही पर लूट की नौ लाख इकसठ हजार रूपये की राशि में से सात लाख छियासी हजार पांच सौ रूपये भी बरामद किये गये हैं दुनिया के सबसे बड़े नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंगलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है

भारत की ओर से स्पीनर अक्षर पटेल ैने छह विकेट लेकर इंगलैंड की पारी को ध्वस्त कर दिया आर अश्विन को तीन और इशांत शर्मा को एक विकेट प्राप्त हुआ संक्षिप्त खबरें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज हजारीबाग पहुंचे उन्होंने सदर प्रखण्ड के चुटियारो और अमनारी पंचायत में किरोसिन तेल जलाने के कम में हुए विस्फोट मामले में पीड़ितों से मुलाकात की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के विष्टपुर में आज जहरीली गैस रिसाव से निपटने के लिए मौक डिल किया गया इसमें टाटा स्टील के इआरटी एनडीआरएफ जिला पुलिस और अग्निशमन विमाग की टीम शामिल हुई भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में आज रामगढ़ जिले में बैंक ग्राहकों को जागरूक करने के वास्ते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम के दौरान साइबर फॉड से बचने के उपाय बताये गये ग्मला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के बुरुहात् गाँव में एक ही परिवार के पांच लोगों की तेजधार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई है घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है